आज गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में वर्चअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता न्यायपालिका ने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है उन्होंने कहा कि इसी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नैतिक संबल प्रदान किया था स्वराज की अवधारणा इसी से उपजी थी जिसनें भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की थी श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों को सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति न्यायपालिका ने ही प्रदान की है प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे अधिक मामलों की सुनवाई की है प्रधानमंत्री ने ग्जरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राजभवन में तीन दिवसीय प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पृष्प प्रदर्शनी का शुमारम्भ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्दि की जा सकती है उन्होंने कहा कि खेती के इस प्राकृतिक तरीके को अपना कर किसान अपनी फसल का अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतत्व में केन्द्र सरकार किसानों की आय को दोगना करने के लिये प्रतिबद्ध है इसके लिये राज्य सरकार भी लगातार प्रयासरत है किसानों को उनकी उपज का डेढ़ ग्ना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान खेती की नयी विधाओं को अपना कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिये स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया ऐसे आयोजन किसानों को खेती में नये प्रयोग करने का अवसर देते है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी दल कृषि कानूनों के बारे में अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में विपक्षी पार्टियों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है यह जान वूझकर देश की छवि को खराब करने का प्रयास है कानपुर में आज केंद्रीय बजट के सम्बंध में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गो के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है श्री नकवी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता विपक्षी दलों के चरित्र को पहचानती है और वह उनके बहकावे में नहीं आएगी

प्रदेश में अब तक छः लाख तिहत्तर हजार दो सौ दस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि कल प्रदेश में कुल चौरासी हजार एक सौ नौ लोगों को टीके लगाये गये इनमें से सैंतालीस हजार सात सौ चौदह स्वास्थ्यकर्मियों और छत्तीस हजार तीन सौ पन्चानबे अप्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीके लगाये गये उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्यकर्मियों का पहले चरण का टीकाकरण पूरा कर लिया गया है और अब अग्रिम मोर्चे के कर्मचारियों का टीकाकरण चल रहा है श्री प्रसाद ने कहा कि टीकाकरण से छट गये स्वास्थ्यकर्मियों के लिये पन्द्रह फरवरी को मॉप अप राउण्ड चलाया जायेगा यह उनके लिये टीका लगवाने का अन्तिम अवसर होगा वहीं अग्रिम मोर्चे के कर्मचारियों का टीकाकरण अब ग्यारह बारह और अट्ठारह फरवरी को किया जायेगा

संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों में से अब तक क्ल सत्तानवे दशमलव आठ दो प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड नाइन्टीन के एक सौ पैंतालीस नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान एक सौ चौंसठ लोग स्वस्थ हुए राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार चार सौ अड़तीस है प्रदेश में बीमारी से अब तक आठ हजार छः सौ छियासी लोगों की मृत्यु हयी है इस बीच प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से चल रहा है कल एक लाख पच्चीस हजार छः सौ सत्तर नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल दो करोड़ पचासी लाख अठहत्तर हजार सात सौ सतहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है